केन्द्रीय दल ने दरभंगा के बाढ़ प्रभावित विभिन्न प्रखंडों का किया दौरा

पटना में लगेगी उनकी आदमकद प्रतिमा और देशभर में कल से लागू होगा मोटर वाहन अधिनियम दो हजार उन्नीस

सितम्बर का पूरा महीना राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा कल से शुरू होने वाले इस अभियान में कई मंत्रालय शामिल हो रहे हैं यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपूर्ण पोषण के विचार को मूर्त रूप प्रदान करेगा जिसका लक्ष्य दो हजार बाईस तक कुपोषण को समाप्त करना है पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुपोषण पर बात करते हुए कहा था बाईट आज जागरूकता के अभाव में कुपोषण से गरीब भी और संपन्न भी दोनों ही तरह के परिवार प्रभावित हैं पूरे देश में सितंबर महीना पोषण अभियान के रूप में मनाया जायेगा आप जरूर इससे जुड़िये जानकारी लिजिये कुछ नया जोड़िये आप भी योगदान दीजिये अगर आप एकाध व्यक्ति को भी कुपोषण से बाहर लाते हैं मतलब हम देश को कुपोषण से बाहर लाते हैं इससे पहले केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं सहित सभी संबद्ध लोगों से अपील की थी

बच्चे के पहले हजार दिन एनीमिया से हमारी लड़ाई डायरिया से हमारी लड़ाई पर्सनल हाईजीन और पौष्टिक है क्या उसका ज्ञान परिवारों को देना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दिवंगत नेता अरूण जेटली की जयंती राजकीय समारोह के तौर पर मनायी जायेगी साथ ही पटना में उनकी आदमकद प्रतिमा लगायी जायेगी श्री कुमार आज पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में अरूण जेटली की स्मृति में आयोजित विशेष श्रद्धांजलि सभा में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि अपनी व्यवहार कुशलता और राजनीतिक समझ के लिए अरूण जेटली हमेशा याद किये जायेंगे श्रद्धांजलि सभा में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अश्विनी कुमार चौबे नित्यानंद राय उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी राज्य सरकार के कई मंत्री समेत एनडीए के घटक दलों के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुये देशभर में कल से यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में ज्यादा जुर्माने का प्रावधान लागू किया जा रहा है इसके तहत यातायात नियमों को तोड़ने पर दस गुना तक ज्यादा जुर्माना देना होगा शराब पीकर गाड़ी चलाते हुये पकड़े जाने पर दस हजार रूपये जुर्माना लगेगा बिना लाईसेंस के गाड़ी चलाने पर पांच हजार रूपये जुर्माना देना होगा गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने सड़क सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा के लिए हालहि मे मोटर वाहन संशोधन अधिनियम दो हजार उन्नीस संसद से पारित करा कर कई नियमों में बदलाव किया आयकर रिटर्न दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है आयकर विभाग ने सोशल मीडिया की उन खबरों का खण्डन किया है जिसमें कहा गया था कि आयकर रिर्टन दाखिल करने की तिथि को एक माह के लिए बढ़ाया गया है एक ट्वीट में आयकर विभाग ने लोगों को आज ही अपने रिर्टन दाखिल करने की सलाह दी है गया जिले के बुनियादगंज थाना क्षेत्र के पठान टोली से पकड़े गये बांग्लादेशी संगठन जमात उल मुजाहिद्दीन के आतंकी आमीर एजाज से बिहार पुलिस पूछताछ करेगी आईजी अभियान सुशील एम खोपड़े ने कहा कि प्रछताछ के लिए एक पुलिस टीम को कोलकाता भेजा गया है उन्होंने कहा कि अभी इस मामले में एनआईए की जांच की सम्भावना नहीं है गौरतलब है कि कोलकाता एटीएस की टीम ने गया पुलिस के सहयोग से लम्बे समय से पहचान बदलकर गया के मानपुर इलाके में रह रहे इस आतंकी को गिरफ्तार किया था एके सैंतालीस राईफल और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में पटना के बेउर जेल में बंद मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को रिमांड पर लिये जाने के बाद आज भी पूछताछ की गयी इसके अलावा पटना रिथित महिला थाने में भी पुलिस ने अनंत सिंह प्रछताछ की इधर अनंत सिंह के करीबी और हत्या की साजिश मामले में आरोपी लल्लू मुखिया को भी रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है केन्द्रीय टीम बाढ़ के कारण हुये नुकसान का आंकलन करने के लिए आज दरभंगा जिले में विभिन्न स्थानों का दौरा कर रही है जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस एम ने बताया कि अधिकारियों की एक टीम मनीगाछी तारडीह और घनश्यामपुर प्रखंड का दौरा कर नुकसान का जायजा ले रही है जबकि दूसरी टीम बिरौल और तीसरी टीम सिंहवाड़ा प्रखंड में भम्रण कर बाढ़ के कारण हुयी गृह क्षति फसल क्षति के अलावा ध्वस्त हुयी सड़कों का आंकलन कर इसकी रिपोर्ट तैयार कर रही है इससे पूर्व केन्द्रीय टीम ने जिला अतिथि गृह में जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की पूर्ण जानकारी प्राप्त की बक्सर में गंगा का जलस्तर बढ़ने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है इसे देखते हुए गंगा घाट के आसपास के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है गंगा में स्नान करने और आम लोगों के गंगा तट पर आने जाने पर भी रोक लगा दी है इधर पटना में गांधी घाट पर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है जबकि हाथीदह में जलस्तर स्थिर बना हुआ है केन्द्रीय जल आयोग की सूचना के अनुसार घाघरा नदी सीवान जिले के दरौली में खतरे के निशान के करीब बह रही है वहीं गंडक नदी का जलस्तर भी कई स्थानों पर बढ़ा है गोपालगंज के ड्रमरिया घाट में गंडक नदी खतरे के निशान अत्यंत करीब पहुंच गयी है राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई स्थानों पर आज हल्की से मध्यम वर्षा हुई है इस दौरान गोपालगंज के माझा थाना क्षेत्र अन्तर्गत छितौनी गांव में वजपात से एक महिला की मौत हो गयी मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि पटना गया भागलपुर और पूर्णियां समेत राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में आकाश में बादल छाये रहेंगे कई स्थानों पर गरज के साथ मध्यम से तेज बारिश की सम्भावना है इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका जतायी गयी है बेगूसराय में चल रहे दो दिवसीय बाबा गणिनाथ महाराज प्रजनोत्सव के अन्तिम दिन आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही टेढ़ीनाथ मन्दिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने खोईंछा भरकर परिवार समाज और विश्व कल्याण की कामना की प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी बाबा गणिनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मध्य देशीय वैश्य सभा द्वारा आयोजित पचहत्तरवीं बाबा गणिनाथ जयंती समारोह का उद्घाटन किया इस अवसर पर श्री कुमार ने बाबा गणिनाथ के मानवता के आदर्श सभी के लिए अनुकरणीय है प्रदेश के इंटर स्कूल और कॉलेजों में दो से पांच सितंबर के बीच स्पॉट नामांकन होगा

बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र अन्तर्गत सराय नूरनगर में पुलिस ने छापेमारी कर एक पिकअप वैन से पच्चासी कार्टन विदेशी शराब जब्त की है वही शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र के मुरारपुर बघार से पुलिस ने चालीस लीटर चुलाई शराब के साथ तीन कारोबारियों को गिरफ्तार किया है

खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के कजरी गांव के पास एक माह से बिजली नहीं मिलने से आक्रोशित ग्रामीणों ने सहरसा महेशखुंट राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या एक सौ सात को घंटों जमा कर दिया कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में शराब के साथ पकड़े गये एक प्रलिस अवर निरीक्षक समेत चार लोगों को जेल भेज दिया गया तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में करीब तीन वर्षों से बिना नियुक्ति पत्र के काम कर रहे एक फर्जी कर्मचारी पंकज कुमार को पकड़ा गया है

केन्द्रीय दल ने दरभंगा के बाढ़ प्रभावित विभिन्न प्रखंडों का किया दौरा

पटना में लगेगी उनकी आदमकद प्रतिमा और देशभर में कल से लागू होगा मोटर वाहन अधिनियम दो हजार उन्नीस